सीएम पर्यटन मुख्यमंत्री कमल नाथ ने कहा है कि पर्यटन और निवेश के क्षेत्र में प्रदेश को देश में अग्रणी बनाया जाएगा भोपाल के मिंटो हॉल में आज से शुरू हये राजसी घरानों में प्रचलित उत्कृष्ट व्यंजनों पर केन्द्रित उत्सव के उद्घाटन समारोह में श्री कमल नाथ ने कहा कि इसके जरिए प्रदेश में पर्यटन के साथ आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना राज्य शासन का उद्देश्य है इस चार दिवसीय उत्सव का आयोजन पर्यटन विभाग ने निजी क्षेत्र के साथ मिलकर किया है

आवेदन की अंतिम तिथि सात जनवरी है नारी शक्ति प्रस्कार के लिए व्यक्ति समूह और संस्थान को नामित किया जा सकता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आठ मार्च को नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किये जाएंगे पुरस्कार के लिये पूरी जानकारी और दिशा निर्देश मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं नागरिकता कानून केन्द्र सरकार ने कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ किया जा रहा प्रदर्शन और यह प्रा आंदोलन कुछ असामाजिक तत्वों और राजनीतिक दलों द्वारा उनके निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए चलाया जा रहा है सरकार ने समाज के सभी जिम्मेदार नागरिकों से अपील की है कि वे देश के सामाजिक ताने बाने को तोड़ने के इन प्रयासों को सफल न होने दें

हमारे देश में सभी भारतीय नागरिकों को मूलाधिकार मिला हुआ है जिसकी गारंटी भारतीय संविधान ने दी है इस कानून का मतलब किसी भी भारतीय को नागरिकता से वंचित करना नहीं है

भोपाल जबलपुर और इंदौर में काल सेन्टर सेवा में कार्यरत डेस्क की संख्या बढ़ाई गई है

सभी शिकायतों का निराकरण समय पर किया गया

याचिकाकर्ता पुनीत कमार ढांडा ने खूद को देश का एक जागरूक नागरिक करार देते हुए शीर्ष अदालत से मांग की है कि वह सीएए को संवैधानिक घोषित करने और इसे सभी राज्यों में सख्ती से लागू करने के निर्देश देने की मांग भी की है नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में आज भोपाल में हम हिन्दुस्तानी युवा मंच ने एक रैली निकाली गायत्री मंदिर से शुरू हुईं यह रैली अम्बेडकर चौराहे पर जाकर समाप्त हुई रैली में विभिन्न वक्ताओं ने इस कानून को पीड़ित लोगों के लिए वरदान बताया प्रतिक्रिया नागरिकता संशोधन कानून को लेकर भले ही कृछ लोग विरोध कर रहे हो लेकिन पाकिस्तान बंगलादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक और अन्य तरह से उत्पीड़न के बाद भारत आये परिवारों के लिए तो यह कानुन किसी वरदान की तरह है हाल ही में इंदौर आये भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नडडा के सामने पीड़ितों ने अपनी पीड़ा जाहिर की थी

कांग्रेस की ओर से आज भोपाल में जारी विज्ञप्ति के अनुसार सभी जिला एवं ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों को इस कार्यक्रम में कांग्रेस के गौरवशाली इतिहास का वर्णन करने को कहा है प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष संगठन प्रभारी चन्द्रप्रभाष शेखर ने बताया कि इन आयोजनों के माध्यम से केन्द्र सरकार की जन विरोधी नीतियों को उजागर किया जायेगा प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के राजीव गांधी सभागृह में कांग्रेस के संस्थापक एओह्यूम से लेकर अब तक जितने भी कांग्रेस अध्यक्ष रहे है उन सब के चित्रों की प्रदर्शनी भी लगायी जाएगी सूर्य ग्रहण कई देशों के साथ भारत में भी आंशिक सूर्य ग्रहण नज़र आया

प्रदेश में भोपाल उज्जैन सहित कई स्थानों पर टेलिस्कोप और विशेष लेंसों के माध्यम से आंशिक ग्रहण देखने के लिए व्यवस्था की गई थी सूर्य ग्रहण के बाद मंडला शिवपुरी खंडवा उज्जैन जबलपुर होशंगाबाद सहित प्रदेश के अन्य जिलों में श्रद्धालुओं ने पवित्र नदियों में स्नान किया मौसम प्रदेश के अधिकतर इलाकों में कड़ाके ठंड पड़ रही है वहीं घने कोहरे और धूंध के कारण सड़क और रेल परिवहन पर भी असर पड़ा है भोपाल और दिल्ली के बीच चलने वाली अधिकतर ट्रेन कई घंटे की देरी से चल रही है प्रदेश में सबसे कम तापमान पांच डिग्री सेल्सियस ग्वालियर दतिया में दर्ज किया गया भोपाल में भी न्यूनतम तापमान दस डिग्री रहा

कड़ाके की ठंड के चलते श्योपुर जिले में आम जनजीवन प्रभावित है सतना और शिवपुरी जिले में भी घने कोहरा छाया रहा

वहीं राज्य के अनूपपूर उमरिया डिंडौरी बालाघाट मंडला सिवनी और छिंदवाड़ा जिलों में बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती है